सीएम संवाद म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है देश के समग्र विकास के लिए गांवों का विकसित होना जरूरी है म्ख्यमंत्री आज देहरादून से वर्घ्अल क्लास के माध्यम से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से ई संवाद कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सभी को मिलजुल कर काम करना है और चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा उन्होंने कोरोना महामारी के बीच पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को सराहा उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई लम्बे समय तक चल सकती है इसलिए सभी को सतर्कता और जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा

म्ख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि कोरोना के साथ ही अगले तीन महीने डेंगू का भी खतरा है उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का डेंगू से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक करने का आहवान किया

क्षेत्रवार परिणाम की बात करें तो त्रिवेंद्रम क्षेत्र का परिणाम सबसे बेहतर रहा

स्प्रीम कोर्ट के निर्देश के म्ताबिक सीबीएसई ने नई मूल्यांकन नीति के आधार पर बचे हए विषयों में मूल्यांकन करने का फैसला लिया इस मूल्यांकन नीति के आधार पर छात्रों के परिणाम भले ही घोषित कर दिये गए हों लेकिन जो छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं वो बाद में वैकल्पिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं डेंगू जागरूकता कोरोना महामारी के बीच बरसात के मौसम में डेंग् का खतरा भी बढ़ गया है हरिद्वार जिला प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने शुरू कर दिये हैं जिलाधिकारी रविशंकर ने बताया डेंगू की रोकथाम के लिए कई स्तर पर कमेटियां बनाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है मोहल्ला वार्ड और जोन कमेटियां बनाकर घर घर जाकर सर्वे भी किया जा रहा है उन्होंने बताया कि जिले में डेंग् के लिए अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है हालांकि घर घर जाकर जांच की जा रही है और डेंगू का लार्वा मिलने पर उसे नष्ट किया जा रहा है हरिद्वार जिला अस्पताल के प्रभारी म्ख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश ग्प्ता ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड आरक्षित किए गए हैं हालांकि अभी डेंग् के ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं उन्होंने बताया कि जल्द प्लेटलेट्स के संग्रहण के लिए मशीन स्थापित की जा रही है

सावन महीना श्रू होते ही केदारनाथ और गंगोत्री के लिए ई पास की संख्या में वृद्धि हो रही है उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड के म्ख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने यह जानकारी दी है उन्होंने बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजेशन के बाद ही मंदिरों में तीर्थयात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है यात्रा मार्ग पर देवस्थानम बोर्ड के यात्री विश्राम गृहों को तीर्थ यात्रियों की स्विधा के लिए खोला जा चुका है देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डाहरीश गौड़ ने बताया कि चारधामों में छह हजार से अधिक तीर्थ यात्री पहुंच चुके हैं अरविंद पांडे पौड़ी प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने पौड़ी जिले के कई स्कूलों में हरेला महोत्सव के तहत वृक्षारोपण किया उन्होंने कहा कि स्वस्छ आबोहवा अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा की जा रही विकास कार्यों की जानकारी भी दी शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वागीण विकास के लिए अध्यापकों को मिलकर काम करने की जरूरत है गुगल ग्गल ने सूक्ष्म और लद्य् व्यवसाय के लिए प्रसार भारती के साथ साझेदारी की है

इसके साथ ही गूगल ने सीबीएसई के साथ भी साझेदारी की है

किसान मंडी चम्पावत जिले के लोहाघाट में स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए किसान ग्राहक मंडी की श्रुआत की गई है हर रविवार को लगने वाली इस मंडी के कारण ग्राहक और विक्रेता में सीधा संपर्क हो पा रहा है और बिचैलियों की भूमिका खत्म हो गई है इससे उन सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को भी फायदा हो रहा है जिन्हें पहले बाजार नहीं मिल पाता था किसान ग्राहक मंडी में ताजी फल और सब्जियां मिलने से ग्राहक भी ख्श हैं स्थानीय य्वाओं के एक समूह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर किसान ग्राहक मंडी की श्रुआत की उनका मकसद लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासियों और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है

इनमें प्रवासी भी शामिल हैं

आज प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में भाजपा पूरी तरह राज्य और केंद्र सरकार के साथ में खड़ी है साथ ही आवश्यकताओं के अन्रूप सामाजिक सेवा के काम भी कर रही है उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में वर्च्अल बैठक कर रही है और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा

आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार को प्रथम शिवार्चन कराया गया भक्तों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी जागेश्वर महामृत्यंजय मंदिर के प्रधान प्जारी पण्डित हेमन्त भट्ट और प्रबन्धक भगवान भट्ट ने कहा कि श्रद्वाल् ऑनलाइन पूजा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं